प्राविधिक शिक्षामंत्री कमल रानी वरूण का कल लखनऊ में इलाज के दौरान निधन राष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दुःख व्यक्त किया अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्जन की तैयारियां जोरों पर देश भर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच रहे हैं रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

देश में पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड इक्यावन हजार दो सौ पचपन कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है कोरोना से स्वस्थ होने की दर पैंसठ दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है कोरोना से मृत्यू दर भी घटकर दो दशमलव एक तीन प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक ग्यारह लाख पैंतालीस हजार छह सौ उन्तीस कोविड रोगी ठीक हए हैं पिछले चौबीस घंटे में चौवन हजार सात सौ पैंतीस नए मरीजों का पता चला है क्ल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर सत्रह लाख पचास हजार सात सौ तेईस हो गई है पांच लाख सड़सठ हजार सात सौ तीस रोगियों का इलाज चल रहा है एक दिन में आठ सौ तिरपन लोगों की मौत की पृष्टि के साथ मृतकों की संख्या सैंतीस हजार तीन सौ चौंसठ हो गई है इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटे में चार लाख तिरसठ हजार एक सौ बहत्तर कोविड नमूनों की जांच की गई है प्रदेश की प्राविधिक शिक्षामंत्री कमल रानी वरूण का अंतिम संस्कार कल कानपुर के भैरव घाट पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत राजकीय सम्मान के साथ किया गया श्रीमती कमल रानी वरूण का कल निधन हो गया था पिछले दिनों कोविड नाइन्टीन की पुष्टि होने पर उन्हें लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था श्रीमती कमल रानी वरूण कानपुर के घाटमपुर से विधायक थीं इससे पूर्व वह ग्यारहवीं व बारहवीं लोकसभा की सदस्य थीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि कमल रानी वरूण जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा के लिए जानी जाती थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरूण का पूरा जीवन समाजसेवा के प्रति समर्पित रहा उन्होंने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्रीमती कमल रानी वरूण के निधन पर गहरा दूःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती कमल रानी वरूण के निधन की सूचना व्यथित करने वाली है उनके रूप में राज्य ने एक समर्पित जननेत्री को खो दिया मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है श्री शाह को कोविड नाइन्टीन से संक्रमित पाया गया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहल गांधी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य नेताओं ने श्री शाह को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह डॉ हर्षवर्धन पीयूष गोयल और प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्री शाह को स्वस्थ होने की श्भकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री श्रीकान्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी श्री शाह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं मृख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है केंद्र सरकार ने समी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं ये आठ अगस्त से लागू होंगे इनके तहत यात्रियों को यात्रा से कम से कम बहत्तर घंटे पहले एक स्व घोषणा प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल न्यू देल्ही एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप में चौदह दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा

अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि प्रजन की तैयारियां जोरों पर हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्रजन करेंगे इस बीच देश भर के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अब तक बद्रीनाथ धाम किला रायगढ़ श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीमहाकालेश्वर मंदिर और महान स्वतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आजाद तथा बिरसा मुण्डा व धार्मिक और राष्ट्रीय महत्व के अन्य स्थानों से पवित्र जल और मिट्टी भूमि पूजन के लिए अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं ट्रस्ट ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि हल्दीघाटी रानी लक्ष्मीबाई का किला शिवाजी और दुर्गदेवी से सम्बंधित पवित्र स्थलों की माटी भी अयोध्या पहंची है मानसरोवर गंगासागर और अन्य महासागरों का जल भी भूमि प्रजन के लिए अयोध्या पहंच चका है इस बीच श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बार फिर भक्तों से घरों पर ही रहकर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण देखने की अपील की है केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्मर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सुजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्मर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरूआत जल्द की जाएगी इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा

स्वच्छ भारत अमियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है दो हजार चौदह में शुरू किए गए इस अभियान के बाद से अब तक देश भर में दस करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं इसका परिणाम यह रहा कि सभी राज्यों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को दो अक्टूबर दो हजार उन्नीस से खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया है इस समय स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण जारी है वर्ष दो हजार चौबीस पच्चीस तक चलने वाले इस चरण में ठोस और तरल कचरों के प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कोरोना महामारी को देखते हुए राखी और मिठाई की द्कानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हए लोग खरीदारी कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक श्मकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई सन्देश में लोगों के सुख समृद्वि एवं आरोग्य की कामना की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम स्नेह एवं विश्वास का त्यौहार है उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर कोविड नाइन्टीन के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं है

महिलाएं आज मध्यरात्रि तक राज्य सड़क परिवहन निगम की समी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी